अब तक अड़तीस लोग कोविड उन्नीस जांच में पॉजिटिव पाये गये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि लॉकडाउन को समाप्त करने का फैसला सही समय पर लिया जायेगा उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य लोगों से परामर्श के बाद ही कोई निर्णय होगा श्री मोदी ने यह बात लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न दलों के प्रमुख नेताओं के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की गयी सर्वदलीय बैठक में कही उन्होंने कहा कि कई लोग कोरोना वायरस संक्रमण को मद्देनजर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की बात कह रहे हैं बैठक में लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव और इससे उबरने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं ने राज्यों को जारी की गयी धनराशि के उपयोग और अप्रवासी मजदूरों से संबंधित मुद्दों को भी उठाया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया पर चलायी जा रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें लोगों से प्रधानमंत्री के सम्मान में पांच मिनट खड़े होने की अपील की गयी है श्री मोदी ने इसे फर्जी खबर बताते हुए दुर्भावनापूर्ण बताया है उन्होंने कहा कि यह उन्हें विवाद में घसीटने की कोशिश है उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को कोविड उन्नीस से संबंधित जांच की निःशुल्क व्यवस्था करने को कहा है शीर्ष अदालत ने आज कहा कि मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी प्रयोगशाला में कोविड उन्नीस से संबंधित लक्षणों की मुफ्त में जांच होनी चाहिए एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि केंद्र को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किये जाने चाहिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री मंत्रियों विधायकों और विधान पार्षदों के वेतन में अगले एक साल के लिये पंद्रह प्रतिशत कटौती का निर्णय किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी वेतन से कटौती की गयी राशि को कोरोना उन्मूलन कोष में जमा किया जायेगा राज्य सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण फसल की कटनी पर किसी तरह की रोक नहीं है कृषि विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लोग कृषि कार्य कर सकते हैं इसके साथ ही खाद बीज और कृषि यंत्र से संबंधित दुकानों को भी लॉकडाउन के दौरान छूट दी गयी है सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि गेहूं की खरीद बिक्री के लिये जिले की सीमा से बाहर ले जाने के लिये आवश्यक हो तो वाहन पास भी जारी करें कृषि विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य में मांस मछली और अंडों की बिक्री को लॉकडाउन के प्रतिबंध से छूट प्राप्त है कृषि सचिव एन श्रवण कुमार ने बताया कि कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र को लॉकडाउन से छूट दी गयी है इसके अलावा पशु चारा के दुकानों को भी खुले रखने के निर्देश दिये गये हैं इनके परिवहन पर कोई रोक नहीं लगायी गयी है प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित एक और मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है इसके साथ ही स्वस्थ मरीजों की संख्या बढ़कर सोलह हो गयी है कोविड उन्नीस के नोडल अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से इस मरीज को छुट्टी को दी गयी पिछले दिनों एक निजी अस्पताल में कार्यरत यह कर्मी मुंगेर के मरीज के संपर्क में आकर कोविड उन्नीस से संक्रमित हो गया था इधर इस महामारी से अब तक अड़तीस लोग संक्रमित हुए हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान सीवान के चार और बेगूसराय के दो संदिग्धों में कोरोना संक्रमण की प्रष्टि हुई उन सभी संक्रमित लोगों के आवासीय परिसर के पांच किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया गया है और लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है वहीं देश में कोविड उन्नीस के मरीजों की संख्या बढ़कर पांच हजार एक सौ चौरानवे हो गयी है इनमें से चार सौ दो लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस महामारी से अब तक एक सौ उनचास लोगों की मृत्यु हुई है गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों से जमाखोरी कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है गृह सचिव ने यह भी कहा कि राज्य भंडारण तथा कीमतों की सीमा तय करने उत्पादन बढ़ाने व्यापारियों के खातों की जांच करने जैसे उपायों से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करें श्री भल्ला ने कहा कि सरकार के निर्देशों का पालन न करने वाले व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पूण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि गृह मंत्रालय ने आवश्यक वस्तुओं की स्थिति और लॉकडाउन उपायों की विस्तृत समीक्षा की है आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की मौजूदा स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक है

गृहमंत्रीजी ने इसेंशियल कमोडिटीज और लॉकडाउन मैजर्स के स्टेटस का डिटेल्ड रिव्यू किया उन्होंने निर्देश दिया है कि उपयुक्त कदम उठाए जाएं और राज्य सरकारों के साथ मिलकर सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग न हो ऐसा करने वालों के विरुद्ध सख्ती से और त्वरित गति से कार्रवाई हों डिपार्टमेंट ऑफ कन्ज्यूमर अफेयर्स भी इस मामले को फॉलोअप कर रही है अन्य इसेंशियल कमोडिटीज के साथ गवर्नमेंट फार्मास्प्रटिकल्स के मूवमेंट को भी क्लोजली मॉनिटर कर रही है ट्रक्स द्वारा फार्मास्प्रटिकल्स का मूवमेंट काफी हद तक स्टेबलाइज हो गया है स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार समुदाय में संक्रमण का फैलाव रोकने की रणनीति अपना रही है श्री अग्रवाल ने कहा कि इस रणनीति के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं साउंड बाइट कोरोना को मैनेज करने के लिए गवर्मेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑलरेडी क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रेटजी और साथ ही आउटब्रेक विच इज एमिनेबल ट्र मेनैजमेंट उससे रिलेटिड स्ट्रेटजी एक्शन प्लान हम लोगों ने स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट के सारे डी सीज को भी ऑरियंट किया था उसके तहत इट इज सो हैप्पी टू नो कि हमें कुछ स्थानों पर उसके रिक्वायर्ड रिजल्ट भी आ रहे हैं केन्द्र सरकार ने पांच लाख रूपये तक के लंबित आयकर रिफंड को तत्काल प्रभाव से भुगतान करने का निर्णय किया है इससे देश भर के चौदह लाख करदाताओं को फायदा होगा इसके अलावा जीएसटी और सीमा शुल्क के रिफंड को भी रिलिज करने का फैसला किया गया इस फैसले से लॉकडाउन की अवधि में एमएसएमई सहित लगभग एक लाख व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को लाभ होगा राज्य भर में कॉम्फेड के तहत संचालित सुधा मिल्क पार्लर रात आठ बजे तक खुले रहेंगे पशु और मत्स्य संसाधन विभाग ने इससे संबंधित निर्देश सभी जिला प्रशासन को दिये हैं ये छूट निजी स्तर पर चल रहे किराना और अन्य दुकानों को दुग्ध उत्पादों की बिक्री के लिये नहीं मिलेगी बिहार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर चौबीस मार्च से अब तक पांच सौ बयालीस लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस मुख्यालया से प्राप्त जानकारी को अनुसार ग्यारह हजार से अधिक वाहनों को जब्त किया गया है जबकि दंड स्वरूप दो करोड़ सड़सठ लाख रूपये वसूले गये हैं नवादा जिले में कल से डोर टू डोर अभियान चलाकर कोविड उन्नीस के संदिग्ध मरीजों का पता लगाया जायेगा शेखपुरा की जिलाधिकारी ने सही तरीके से क्वारेनटाइन कैंप संचालित नहीं करने पर दो प्रखंड विकास पदाधिकारियों और प्राथमिक स्वास्थ्य कोन्द्र के एक प्रभारी चिकित्सक को नोटिस जारी किया है कोरोना वायरस को कारण लॉकडाउन से प्रभावित लोगों के लिये विभिन्न संगठन आगे आकर लगातार मदद कर रहे हैं रोहतास जिले में डिहरी स्थित पचास निजी स्कूलों के संगठन ने आज मुख्यमंत्री राहत कोष में एक लाख आठ हजार रूपये का अंशदान किया इधर पटना के राजकीय आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य और अधीक्षक ने अपने वेतन से इक्यानवे हजार तीन सौ पचास रूपये की राशि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का निर्णय किया है गया जिले में ड्रोन से छिड़काव कर लोगों को विषाणु मुक्त किया जा रहा है इस विधि से लोगों को सेनेटाइज करने वाला राज्य का यह पहला जिला है व्हाट्स एप ने कोविड उन्नीस महामारी को लेकर भ्रामक सूचनाओं के प्रसार पर अंक्श लगाने के लिए संदेश फॉरवर्ड करने की नई सीमा लागू की है इसके अनुसार एक संदेश एक बार में केवल एक व्यक्ति को ही फॉरवर्ड किया जा सकेगा इसका उद्देश्य उकसाने वाले उन संदेशों के प्रसार पर रोक लगाना है जो बेबुनियाद हो सकते हैं फेसबुक ने कल कहा कि यह कदम स्वास्थ्य संकट के इस दौर में लोगों को निजी संदेशों तक ध्यान केंद्रित रखने के लिए उठाया गया है पिछले वर्ष व्हाट्स एप ने एक बार में पांच लोगों तक संदेश फॉरवर्ड करने की सीमा तय की थी यह फैसला भारत में भीड़ की हिंसा रोकने के लिए अफवाहों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किया गया था देशभर में नोवल कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महामारी फैलने से रोकने के लिए कई परामर्श जारी किए हैं

लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओँ और चिकित्सा के सामान की खरीददारी करते समय धैर्य रखे और शांत रहें आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से दें साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले गलने से भी बचना चाहिए बाजार मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम एक मीटर की दूरी रखें घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए लोगों को अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए

यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीडि़त है तो वह द्रसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले

लाकडाउन के दौरान चिकित्सक लोगों को घरों में रहने और सोशल डिस्टेंस बनाये रखने का परामर्श दे रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए लोगों को घर के अंदर विभिन्न गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए

दूसरा इम्पोटेंट इश्यू इज मेंटल हेल्थ इसमें यह बहुत जरूरी है कि हम लोग इसे सोशलाइज करें जो परिवार के लोग हैं उनके साथ इक्टे बैठके बात करें कुछ इंडोर गेम्स खेल सकते हो कार्डस हैं तो कार्ड खेल सकते हो इकट्ठे बैठकर टीवी पर मूवी देख सकते हो इस टाइप की कई एक्टिविटी कर सकते हो जिसे आप सोशलाई भी कर लें ज्यादा हुआ तो अपने दोस्तों के साथ फोन पर बात भी कर सकते हैं चौट कर सकते हो जिससे आप अपने आपको बिजी भी रखो

सब लोगों को योगा करना चाहिए मैडिटेश्रन करना चाहिए कि हमारे मन में कोरोना के बारे में जो परेशानी है वो भी कम होगी आप हमारे ब्रीदिंग से हमारे लग की कैपेसिटी भी बढेगी और ओवरऑल पॉजिटिविटी भी हमारे शरीर में आएगी राज्य सरकार ने लॉकडाउन के कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे पहली से आठवीं तक के लगभग दो करोड़ विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया है शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को आदेश निर्गत कर दिया है

अब तक अड़तीस लोग कोविड उन्नीस जांच में पॉजिटिव पाये गये